राज्य सरकार ने कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड आने और बाहर जानेवालों को वेबसाइट पर अपना ब्योरा देना होगा

राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों और मानदेय में एकरूपता तय करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठन को दी मंजूरी राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ तैंतीस नये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

राज्यभर में कल आठ कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ कोरोना से मरनेवालों की संख्या बढ़कर दो सौ पचपन पहुंच गयी है

इसे लेकर गृह और आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है

विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को गाइडलाइन का पालन सुनश्चित कराने का निर्देश दिया गया है

इन शिविरों में रैपिड एंटिजेन किट से कोरोना की जांच की जायेगी

जांच करानेवालों की रिपोर्ट उनके मोबाइल नंबर के साथ ही सदर अस्पताल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी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

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रमुख इसके सदस्य सचिव होंगे इसी तरह योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा सचिव के साथ साथ प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे यह समिति अनुबंध अथवा संविदाकर्मियों की सेवा शर्तो में सुधार तथा उन्हें नियमित करने के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा कर अपने विचारों से सरकार को अवगत कराएगी इधर रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है श्री सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द हर स्तर पर आरक्षण का प्रारूप तैयार हो जाएगा इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं

इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडी को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें स्वास्थ्य पोर्टल के उदघाटन के अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरूआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

इस दौरान रैयतों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में परियोजना से कोयले का उत्पादन लोडिंग और डिस्पैच का काम पूरी तरह ठप करा दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की छह बिजली ट्रांसमिशन योजनाओं का ऑनलाइन उदघाटन करेंगे इन योजनाओं के लागू होने का फायदा गढ़वा जसीडीह गिरिडीह द्रमका सरिया और जमुआ को मिलेगा नई ट्रांसमिशन लाइन में मदनपुर ग्रिड से जसीडीह जसीडीह से गिरिडीह गिरिडीह से सरिया और जमुआ मदनपुर से गोड्डा और डाल्टेनगंज ग्रिड से गढ़वा का भागोडीह ग्रिड जुड़ा है

इससे गोड्डा जिले में बिजली की समस्याओं का समाधान होगा गोड्डा में उदघाटन समारोह के दौरान स्थानीय सांसद डॉ निशिकांत दुबे और राजमहल सांसद विजय हांसदा समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे उधर गिरिडीह जिले में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड जेयूएसएनएल द्वारा तीन पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है जेयूएसएनएल के कार्यपालक अभियंता अतिमेश गौत्तम ने बताया कि बिजली मदनपुर दुमका से जसीडीह आयेगी और वहां से गिरिडीह को मिलेगी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में चार हजार पांच सौ छतीस जबकि मैकेनिकल में नौ सौ बावन अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं आयोग ने कुल पदों के विरुद्ध दस दस गुना अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है आयोग ने इस परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है ग्मला जिले के सदर थाना क्षेत्र मेंएक पीएलएफआई उग्रवादी को गोली मारकर हत्या कर दी गयी

गिरिडीह जिले की जमुआ थाना की पुलिस ने एक अंतरराजीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है

वहीं दैनिक जागरण ने नीट और जेईई सितंबर में ही शीर्षक दिया है

चीन मतभेद सुलझाने को तैयार शीर्षक से भारत और चीन के मतभेद सुलझाने की पहल की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना वैक्सिन की दौड़ में भारत की नजर की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पत्ने पर प्रकाशित किया है